वाराणसी इलाहाबाद और अयोध्या सहित विभिन्न स्थानों पर देर शाम मनाई गयी देव दीपावली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार संबंध मजबूत करने पर जोर दिया है सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में जारी आर्थिक सुधारों की जानकारी दी और विकास के लिए भारत की प्रतिबद्वता का उल्लेख किया श्री कोविंद कल सुबह ऑस्ट्रेलिया की राजघानी मेलबर्ने पहुंचे विक्टोरिया की गवर्नर लिंडा डेसौ ने उनकी अगवानी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशेष संबंध है उन्होंने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया रिक्षा सम्पर्क तथा छात्रों के आदान प्रदान का कार्यक्रम दोनों देशों के लिए लाभदायक सिद्व हुआ है राष्ट्रपति कल मेलबर्न विश्वविद्यालय में भारत ऑस्ट्रेलिया ज्ञान भागीदारी पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे इस दौरान श्री कोविंद ने कहा कि हमारा बहु सांस्कृतिक लोकतंत्र प्रेस की आजादी स्वतंत्र न्यायप्रणाली और अंग्रेजी भाषा हमें एक दूसरे के करीब लाती है राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देरों के बीच ज्ञान और रिक्षा के आदान प्रदान को लेकर हो रहे प्रयास रिस्ते को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं गौरतलब है कि आस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में दूसरा सबसे पसंदीदा राष्ट्र है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा उन्होंने नरेन्द्र मोदी मोबाइल ऐप पर लोगों से अपने विचार भेजने को कहा श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई एन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक मेजे जा सकते हैं मन की बात में प्रधानमंत्री ने बीस सितम्बर दो हजार पन्द्रह को आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों से गैस सब्सिडी छोड़ने के बारे में अपने विचार साझा किए थे मन की बात कार्यक्रम के बारहवें संस्करण में प्रधानमंत्री ने गरीब परिवारों की समस्याओं के संबंध में बात की थी जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि लकड़ी के चूल्हे से निकलने वाले धूंए से महिलाओं और बच्चों को परेशानी होती है

एक बार मैंने मन की बात में कहा था गरीब के घर में वृत्हा जलता है बच्चे रोते रहते हैं गरीब मां क्या उसे गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए और मैने संपन्न लोगों से प्रार्थना की थी कि आप संबंसिदी सरेंडर नहीं कर सकते क्या सोविए और मैं आज बड़े आनंद के साथ कहना चाहता हूं इस देश के परिवारों ने गैस सिलेंडर की सक्सिडी छोड़ दी है और ये अमीर लोग नहीं है और इसलिए मैं आज मन की बात के माध्यम से फिर एक बार जन शक्ति को शत शत वंदन करना चाहता हूं नमन करना चाहता हूं आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री की मन के बात के कारण यह अभियान काफी लोकप्रिय हो गया जिसके कारण समूच लोगों ने जरूरतमंदों लोगों के लिए अपने गैस सिलेंडरों पर मिल रही सब्सिडी को छोड़ दिया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पिछले साल जुलाई में इस कार्यक्रम में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के बारे में भी अपने विचार साझा किए थे पिछले साल तीस जुलाई को प्रवानमंत्री ने लोगों से जीएसटी के संबंध में अपने विचार रखे थे उन्होंने कहा था यह सिर्फ एक कर सुधार नहीं है श्री मोदी ने कहा था कि अब व्यापार करना अधिक आसान हो गया है और ग्राहकों का भी व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है जीएसटी के फायदे दिखने लगे है और मुझे बहुत संतोष होता है खुशी होती जब कोई गरीब मुझे विद्वी लिखकर के कहता है कि जीएसटी के कारण एक गरीब की जरूरत की चीजों में पैसे दाम कम हुए हैं चीजें कैसे सस्ती हुई हैं

सचयुव में उसने हमारे अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रमाव और बहुत ही कम समय में उत्पन्न किया है

इसने पूरे देश में एक नया विश्वास पैदा किया है इतने बड़े विशाल देश में उसको लागू करना और सफलतापूर्वक आगे बढ़ना यह अपने आप में सफलता की बहुत बड़ी ऊंचाई हैं

पुरस्कार ग्रहण करने के बाद श्री सिंह ने कहा कि ये अवार्ड उत्तर प्रदेश की तेईस करोड़ जनता के विश्वास का है प्रदेश सरकार ने रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी समी धान खरीद केन्द्र खोलने के निर्देश दिये हैं खाद्य आयुक्त आलोक कुमार ने इस समंध में आदेश जारी कर दिये है उन्होंने बताया कि लक्ष्य के मुकाबले कम धान खरीद को देखते हुए सभी जिलाविकारियों को रविवार और अन्य सरकारी छुट्टियों के दिनों में भी खरीद केन्द्रों को खुलवाने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा धान की सरकारी खरीद की रफ़तार बढ़ाने के साथ ही किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने की है कल पुलिस झण्डा दिवस मनाया गया लखनऊ में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के प्रांगण में पुलिस झंडा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए

इस मौके पर बैन्ड द्वारा भारत के जवान ध्वन बजायी गयी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी झंडा दिवस के अवसर पर कार्यकम आयोजित किये गये कल गुरू नानक देव जी की जयंती मनायी गयी इस मौके पर गुरूद्वारों में सबद कीर्तन और गुरूवाणी के पाठ हुये विभिन्न स्थानों पर शोभायात्रायें निकाली गयीं तथा गुरूद्वारों में लंगर के आयोजन हुये कल ही कार्तिक पूर्णमा पर प्रदेश भर में लोगों ने पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान कर के पूजा पाठ तथा दान पृष्य किया विभिन्न नदियों के तटों पर कॉर्तिक पूर्णिमा पर लगे मेलों में भारी संख्या में श्रद्वालु जुटे अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा पर कड़े सुरक्षा प्रबंवों के बीच भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने सरयू नदी में स्नान किया पूर्णिमा स्नान के साथ ही वहां एक महीने से ठहरे कल्पवासियों ने अपने अपने घरों को प्रस्थान किया अयोध्या के मंदिरों में कल शाम देव दीपावली मनायी गयी बलिया में गंगा और तमसा नदी के संगम पर भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने स्नान किया और बाद में महर्षि भूगु तथा बालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की कल ही से वहां लगने वाला ददरी मेला भी शुरू हो गया जौनपुर में गोमती नदी के विभिन्न घाटों पर ब्रम्हमुहर्त से ही श्रद्दालुओं ने स्नान शुरू कर दिया था इलाहाबाद और वाराणसी में कल गंगा स्नान के लिये श्रद्दालुओं की भारी भीड़ उमड़ी इलाहाबाद में संगम तट पर ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालुओं ने स्नान युरू कर दिया था वहां गंगा और यमुना के सभी घाटों पर श्रद्वालुओं की भारी भीड़ रही इलाहाबाद और वारणसी में भी कल देव दीपावली मनायी गयी वाराणसी में देव दीपावली को देखने के लिए भारी संख्या में लोग गंगा नदी के घाटो पर पहुंचे मिर्जापुर में गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर भारी संख्या में लोगों ने स्नान किया तथा माता विन्ध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन किये मऊ में पौराणिक तमसा नदी तथा दोहरी घाट स्थित सरयू नदी के तट पर श्रद्दालुओं ने स्नान किया अमरोहा के गंगा धाम तिगरी में भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान कर के उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाया बिजनौर में बिद्र कुटी सहित अन्य गंगा घाटों पर दोपहर बाद तक स्नान का सिलसिला चलता रहा कानपुर में कल सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने गंगा में डुबकी लगा कर दीप दान किया कन्नौज में महादेवी घाट पर गंगा स्नान के लिये श्रद्दालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी वहां लगे कर्तिक पूर्णिमा मेले में विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे हुये थे पीलीमीत में शारदा देवहा और गोमती नदी के विभिन्न घाटों पर लोगों ने स्नान किया तथा भण्डारों में प्रसाद ग्रहण किया